केन्द्र ने लोगों की आवश्यक वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए राज्यों से प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा

जयपुर सहित पांच संभागों में आज मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

उन्होंने कहा कि कफ्र्यू के दौरान पहले से चल रहे छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी दूध एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को शामिल किया गया है

इस बीच राज्य सरकार के पूर्व निर्णय के अनुसार राज्यभर में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी बाजार और दुकानें शाम पांच बजे तथा सरकारी कार्यालय चार बजे बंद हो जाएंगे

इसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों उत्सवों और जुलूस पर रोक रहेगी इस अवधि में सभी शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी बंद रहेंगी

जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हैल्प लाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में खाद्य और नागरिक आपूर्ति लीगल मेट्रोलॉजी खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल गठित करने को कहा गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकी जा सके

परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जायेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि यह निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है

उधर सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में प्रशासन के साथ विभिन्न संगठन भी संकमण पर काबू पाने के लिए सहयोग कर रहे हैं

कल शाम प्रचार समाप्त होने के साथ ही प्रत्याशियों ने घर घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कल मतदान और उससे जुड़ी सम्पूर्ण प्रकिया कफ्यू से छूट में शामिल रहेगी

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है